अनुमान है कि देश का रक्षा निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक दस हजार करोड़ रूपये से अधिक हो जायेगा

इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल वितरण कार्यक्रम जारी कर दिया गया है

आज एक संवाददाता सम्मेलन में पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में डिकॉय ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा को आम आदमी तक पहुंचने से रोकने वाले विभागीय कर्मियों को भी इसके दायरे में लाया जायेगा

उन्होंने कहा यदि उनके पास कोई शिकायत आई तो वे उसे एसीबी को सौंप देंगे

रक्षा उत्पादन सचिव अजय कुमार ने कल गांधीनगर में एक संगोष्ठी में ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष से देश का रक्षा निर्यात हर वर्ष दोगुना हो रहा है तीन वर्ष पहले कुल रक्षा निर्यात लगभग डेढ़ हजार करोड़ रुपये था

हजीरा में प्रधानमंत्री मोदी लार्सन एंड टुब्रो आर्मर्ड सिस्टम परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे

प्रधानमंत्री आज ही मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के नए भवन का उद्घाटन भी करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे

इसके तहत फिल्म्स डिवीजन के परिसर में स्थित विरासत इमारत गुलशन महल में कलाकृतियां पुराने उपकरण फोटो वेशमूषा टेप और विभिन्न यादगार वस्तुओं का एक दुर्लभ संग्रह प्रदर्शित होगा सिनेमा के उद्भव मौन युग स्टूडियो युग समेत नौ वर्गों में इस संग्रह को विभाजित किया गया है

इसे भारतीय छात्रों के एक समूह ने तैयार किया है

यह द्वनिया का सबसे छोटा उपग्रह है कलामसैट का नामकरण पूर्व राष्ट्रपति तथा मिसाइलमैन के नाम से विख्यात वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया है

कलामसैट इस कड़ी में पहला उपग्रह होगा इसरो प्रमुख ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत सात आवेदन आये हैं उन्होंने बताया कि एक मैशन में सौ से भी ज्यादा छोटे उपग्रह भेजे जा सकते हैं इसलिए इसरो चाहता है कि अधिक से अधिक छात्र उपग्रह बनाकर लायें हम सभी उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार हैं

यह मन की बात कार्यक्रम इस साल की पहली कड़ी है इस कार्यक्रम के लिए श्रोता नरेन्द्र मोदी एप और माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं

जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में जो रेग्यूलेशन तैयार किया गया था उस पर सिंचित क्षेत्र आयुक्त की मंजूरी मिल गई है इस तरह इंदिरागांधी नहर परियोजना का अब अगला रोटेशन चार में दो समूह में चलाया जाएगा इससे रबी फसलों की अच्छी पैदावार होने की संभावना है

उधर जैसलमेर में भी पोकरण उपखण्ड के भणियाणा के पास मोटरसाईकिल और पानी के टैंकर की टक्कर में एक की मौत हो गई

अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगया है

उद्यान में पानी की आवक अच्छी होने की वजह से विदेशी पक्षियों ने यहां रौनक बढ़ा दी है

वहीं बीकानेर में बादल छाये रहने की वजह से सर्दी का अहसास बना हुआ है

मौसम विभाग ने आने वाले दिनो में सर्द हवाऐ चलने और तापमान के गिरने के आसार जताये है